राज्य में करीब पचास हजार कोरोना संकमित स्वस्थ हुएचौदह हजार से अधिक सक्रिय मरीजों का इलाज विभिन्न कोविड अस्पताल में है जारी

झारखंड उच्च न्यायालय ने अलकतरा घोटाला के मुख्य आरोपी और बिहार के पूर्व मंत्री इलियास इसैन को सशर्त रिहा करने का दिया आदेश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखण्ड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के माध्यम से सरकारी विमागों और कार्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र ही भरा जायेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हर क्षेत्र के कार्यो में थोड़ी बाधा आई है कोरोना महामारी के शुरुआत में पूरे राज्य में टेस्टिंग लैब की सुविधा उपलब्ध नहीं थी पड़ोसी राज्य पष्विम बंगाल से समन्यय बनाकर कोरोना जांच किया जाता था इसी क्रम में सरकार संयेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए आज कोरोना जांच के लिए अपने आप पर निर्मर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आज के समय में हुनरमंद होना बहुत ही आवश्यक है अगर लोगों के हाथ में हुनर है तो उन्हें किसी के भी सामने हाथ फैलाने की जरूरत नही है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान रोजगार की समस्या जरूर उत्पन्न हुई है लेकिन इस यक्त भी हनरमंद लोगों की मांग हर जगह है श्री सोरेन आज दुमका जिले के हरिपुर पंचायत भवन में आयोजित सरकार आपके द्वार कायेक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि शिक्षित नहीं रहने के कारण लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है

इस दौरान विभिन्न विभागों के परिसंपत्तियों का वितरण तथा स्वीकृति पत्र का भी वितरण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया

राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों का दर बढ़कर सतहत्तर दषमलय दो शून्य प्रतिषत पहुंच गया है जबकि मृत्यु दर शून्य दषमलय आठ आठ प्रतिषत है राज्य में अब तक करीब पंद्रह लाख सैंपल की जांच हो चुकी है

श्रम के समवर्ती सूची में होने के कारण केन्द्र और राज्य सरकारो को इस पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है इसके अतिरिक्त प्रवासी श्रम अधिनियम सहित अधिकाश केंद्रीय श्रम अधिनियमों को राज्य सरकारों द्वारा विशेष रूप से लागू किया जा रहा है प्रयासी श्रम अधिनियम के प्रायधानों के अनुसार प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है और डेटा भी राज्य सरकारे रखेंगी

विभिन्न राज्य सरकारों से एकत्र की गई जानकारी के आधार पर लगभग एक करोड प्रवासी मजदूर महामारी के दौरान अपने राज्य में यापस चले गए रांची जिला में भूमि वियाद से संबंधित मामलों का अब और तेजी से निपटारा हो सकेगा मामलों के जल्द निपटारे के लिए जिले के समी अंचलों में भूमि वियाद समाधान दियस का आयोजन किया जाएगा रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने समी अंचलों में भूमि विवाद समाधान दिवस आयोजित करने को लेकर समी अंचल अधिकारी और थाना प्रमारियों को निर्देश दिया है उपायुक्त ने कहा कि समी अंचलों में प्रत्येक शनियार को भूमि विवाद समाधान दियस का आयोजन किया जाएगा अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी संयुक्त रूप से भूमि विवाद समाधान दियस का आयोजन करेंगे जिसमें अंचल निरीक्षक राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल अमीन भी उपस्थित रहेंगे ताकि भूमि वियादों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित हो सके उपायुक्त ने वैसे मामले जिनका निष्पादन तुरंत संभव नहीं है उन मामलों में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है

लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है इस विघेयक में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना और इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रस्तान है इसमें गुजरात के जामनगर में स्थित आयुर्येद के तीन संस्थानों का एक ही संस्थान में विलय करने का भी प्रावधान है

कोविड जांच हेतु लगाये गये विशेष शिविर में कोरोना जांच के लिए लोगों की खासी भीड देखी गयी

कैंप के माध्यम से जिले में लगभग आठ हजार लोगों की जांच का लक्ष्य रखा गया था रांची जिले के मोराबादी आरएमसी स्लम जगन्नाथपुर रांची रेलये स्टेशन पार्किंग बहू बाजार डोरंडा डेली मार्केट मुरी बकरी बाजार स्टोर कांके दलादली चौक इटकी बाजार बेंडो के नरकोपी बाजार बुढ़मू बाजार और चन्हो बाजार में विशेष जांच कैंप लगाया गया है

वित्तमंत्री ने कहा कि पिछले दो यर्ष में सहकारी और छोटे बैंको के जमाकर्ताओं को कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है उन्होंने कहा कि इस संशोधन के जरिए सरकार जमाकर्ताओं के हितों की देखभाल सुनिश्चित करना चाहती है रिजर्य बैंक के गर्यनर शक्तिकांत दास ने आज उद्योग जगत को आश्यायसन दिया कि बाजार में नकदी की आपूर्ति सुनिश्चि त करने और आर्थिक युद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे उन्होंने एक वैबिनार में भारतीय याणिज्य और उद्योग चैंबर्स संघ फिक्री के सदस्यों से यह बात कही श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि अर्थव्यथवस्थाो में सुधार की रफ्तार सुस्तक होने की आशंका है क्योंकि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं संक्रमण भी बढ रहा है रिजर्य बैंक के गवर्नर ने कहा कि नीतिगत ब्याज दरो में कटौती के फलस्थयरूप देश के विभिन्न क्षेत्रों में बाजार की शर्तो में महत्वपूर्ण छट दी गई है

अनुबंधित सहायक पुलिस कर्मी राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में खुले आसमान के नीचे डटे है इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है इन आंदोलनकारी सहायक पुलिसकर्मियों से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया इधर भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नंता बाबूलाल मरांडी ने भी सहायक पुलिसकर्मियों की मांग का समर्थन किया है श्री मरांडी आज बोकारो में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे

एक ट्यीट में केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जायडेकर ने कहा कि विश्य ओजोन दिवस जलवायु परिवर्तन और ओजोन परत के क्षरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है उन्होंने लोगों से ओजोन परत के संरक्षण के लिए ऊर्जा बचत वाले उपकरणों के उपयोग की अपील की झारखंड उच्च न्यायालय ने अलकतरा घोटाला मामले के मुख्य आरोपी एवं बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को सशर्त रिहा करने का आदेश दिया है न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने पूर्व मंत्री श्री हुसैन को राहत देते हुए पत्नी के निधन के बाद उनके क्रियाकर्म में सम्मिलित होने के लिए सशर्त रिहाई का आदेश दिया अदालत ने कहा है कि कोई दो निकटतम संबंधी उनके जमानतदार होंगे और एक एक लाख रुपये के दो निजी मुचलके जमा कराने हैं

अब संक्षिप्त खबरें झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रयींद्रनाथ महतो से आज रांची में टाना भगत समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया और ज्ञापन सौपा गढ़या जिले के कांडी थाना क्षेत्र से पुलिस ने हथियार आपूर्ति गिरोह के सात सदस्यों को गिरफ्तार किया गिरफ्तार अपराधियों के पास से कई अर्द्वनिर्मित हथियार भी बरामद हुए सभी गिरफ्तार अपराधी गढ़वा और पलामू जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं जामताड़ा जिले के करमाटांड़ थाना के दुधनी गांव से पुलिस ने दो साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है